भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है

इधर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए भाजपा यूवा मोर्चा द्वारा शिमला के एतिहासित रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया गया जिसका शभारंम मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने किया इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल का दौरा कर मरीजों को फल वितरित किए शहरी विकैास मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल भी इस दौरान उनके साथ रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शभकामनाएं देते हए उन्हें दढ इच्छा शक्ति निर्णायक नेतत्व और अथक परिश्रम का प्रतीक बताया है इस बीच प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने पौधरोपण और सात दिवसीय स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने व बेचने के लिए आज शिमला स्थित मुख्य डाकघर में महिला शक्ति केन्द्र काउंटर का उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केन्द्र महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने सहित जनता के बीच स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहित करेगा प्रश्नकाल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए विभागों के पास उपलब्ध धनराशि का उचित सदूपयोग किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों को प्रक्रियाधीन योजनाओं की समीक्षा और ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि में विधायक निधि और रेडक्रॉस की राशि मी शामिल है जो कुछ विमागों के पास बतौर डिपॉजिट है इस राशि में विभिन्न बोर्डो निगमों और सहकारी समाओं के पास उपलब्ध राशि शामिल नहीं है

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में उन विद्यार्थियों को पैसे वापिस देने का प्रावधान नहीं है जो निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले चुके हैं विधायक इंद्र सिंह के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के समी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया सरकार ने आरंभ कर दी है कृछ विधानसभा क्षेत्रों में इस पर काम आरंभ हो गया है जबकि कुछ क्षेत्रों में जमीन हस्तांतरण का काम चल रहा है उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में किसी भी अटल आदर्श विद्यालय ने काम करना शुरू नहीं किया है

वॉंक आउट प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने आज एक बार फिर एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण न मिलने और एससी एसटी कंपोनेंट प्लान से धन का आवंटन न होने के मुद्दे पर सदन से वाकआउट किया

हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सदस्यों को बार बार शांत करते हुए सीटों पर बैठने का आग्रह करते रहे लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और भारी शोरगुल के बीच सदन से वाकआउट कर दिया बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष तमाशा बन कर रह गया है